राज्य के प्रत्येक प्रमंडल में हर उम्र के लोगों के लिये आश्रय गृह बनाये जायेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार डिजिटल हो रही है जहां पिछले चार वर्षो में डिजिटल लेन देन में सात गुणा वृद्धि हुई है जापान के टोक्यो में आज एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना आधार कार्ड और मोबाइल प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं

अब हम सौंवी रैंक पर पहुंचे हैं और अभी भी लगातार प्रयास करके इस रैंकिंग में सुधार के लिए बहत व्यापक स्तर पर सेंटल गवर्मेट के स्तर पर स्टेट गवर्मेट के स्तर पर लोकल बॉडी के स्तर पर हम एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत में कारोबार करने के माहौल में और तेजी से सुधार होगा क्योंकि केन्द्र सरकार राज्यों और प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में उद्यम स्थापित करने के लिए जापान के न केवल बड़े उद्योग घरानों बल्कि मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योगों का भी स्वागत है

भारत में विशेषकर के जापान की एमएसएमई कंपनियों के काम करने की बहुत ज्यादा संभावना है भारत आने वाली हर बड़ी कंपनी का तो स्वागत है ही पर एमएसएमई के जरिए भी जापानी बिजनेस लीडर्स अपने व्यवसाय को नई ऊंचाईयों तक ले जा सकते हैं आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रहे पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने आज बेगूसराय के मंझौल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मूख्य आरोपी ब्रजेश ठाक्र के साथ बातचीत का टेप सामने आने पर सीबीआई ने चेरिया बरियारपुर में चंद्रशेखर वर्मा के घर पर छापेमारी की थी इस दौरान लगभग पचास कारतूस बरामद किये गये थे आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में पूलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी आत्मसमर्पण के बाद न्यायालय ने चंद्रशेखर वर्मा को चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है प्रदेश में अब सभी अल्पवास गृहों का संचालन राज्य सरकार करेगी समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने बताया कि प्रत्येक प्रमंडल में पांच एकड़ भूमि में हर उम्र के लोगों के लिये आश्रय गृह बनाये जायेंगे श्री प्रसाद ने बताया कि वृद्धा पेंशन बांटने के मामले में बिहार देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है उन्होंने कहा कि बिहार में तिरसठ लाख बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है उन्होंने बताया कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि तीन महीने पर आवश्यक रूप से वृद्धों को पेंशन का भूगतान हर हाल में सुनिश्चित किया जाये प्रदेश में अब पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की स्थिति में एक सौ से पांच सौ रूपये की टोकन राशि देकर निबंधन कराया जा सकता है निबंधन विभाग ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में रजिस्ट्री शुल्क में बड़ी छूट का संशोधित प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट को भेज दिया है कैबिनेट की स्वीकृति के बाद यह व्यवस्था लागू हो जायेगी वर्तमान में पारिवारिक संपत्ति बंटवारे में संपत्ति के एक हिस्से पर जमीन के न्यूनतम मूल्य एमबीआर का आठ फीसदी निबंधन शुल्क लगता है उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में अगले वर्ष जनवरी में सुनवाई होगी न्यायालय ने कहा कि अयोध्या विवाद से संबंधित अपीलों की सुनवाई की तारीख न्यायालय की एक उचित पीठ जनवरी में तय करेगी इन अपीलों में भूमि विवाद मामले में दो हजार दस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि नवगठित पूर्णिया विश्वविद्यालय को खेल और शारीरिक शिक्षा के उच्चस्तरीय केंद्र के रुप में विकसित किया जायेगा श्री कूमार पूर्णिया में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के उदघाटन के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में अन्य विधाओं के साथ साथ खेलकूद और संस्कृति के बारे में अलग से पढ़ाई होगी श्री कूमार ने कहा कि विश्वविद्यालय के विकास के लिए धन की कमी नहीं होने दी जायेगी और इसे विश्वस्तरीय बनाया जायेगा राज्यपाल लालजी टंडन ने आज राजभवन में प्रदेश पूर्व पूलिस महानिदेशक पीके ठाकुर और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एनके सिन्हा को राज्य के सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलायी इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य सरकार के कई मंत्री पूर्व मंत्री समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज कहा कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान की मजबूती से ही देश सशक्त होगा श्री चौबे बक्सर जिले के अहिरौली में आयोजित तीन दिवसीय बिहार विज्ञान साक्षरता उत्सव के उदघाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने पर जोर दिया केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के चार साल के कार्यकाल में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है मुजफ्फरपुर जिले के मोतिपुर में अज्ञात अपराधियों ने आज एक बैंक कर्मचारी से पंद्रह लाख रूपये लूट लिये

वहीं बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक से दो लाख रूपये लूट लिये सेवानिवृत्त शिक्षक बैंक से रूपये निकालकर घर जा रहा था गया जिले के अंती थाना क्षेत्र अंतर्गत दौलप्र और इठाप्र गांव के पास प्रलिया के नीचे से दस किलो का केन बम बरामद किया गया वरीय पूलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वॉयड और कोबरा बटालियन के जवानों को भेजा गया बरामद बम को बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया है मामले की छानबीन की जा रही है प्रेर प्रदेश में इकतीस अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता मंच के तत्वावधान में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय पटना में इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे विभिन्न जिलों में पार्टी के प्रतिनिधि इस दौड़ को रवाना करेंगे श्री राय ने बताया कि पटना में यह दौड़ विधानसभा के निकट शहीद स्मारक से शुरू होकर हार्डिंग रोड होते हुए एयरपोर्ट रोड स्थित चितकोहरा पुल के नजदीक पटेल गोलम्बर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के समक्ष सम्पन्न होगी पूर्व केन्द्रीय मंत्री और सांसद डाक्टर सीपी ठाक्र ने आज पटना के गर्दनीबाग हाईस्कूल में दो सौ उनसठ दिव्यांगों के बीच ट्राई साईकिल ब्रेल मशीन कान की मशीन सहित अन्य सहायता उपकरणों का वितरण किया मूजफ्फरपूर जिले में प्रशासन ने छठ के दौरान घाटों पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है जिलाधिकारी ने कहा है कि बारह से चौदह नवम्बर तक नदी घाटों तालाबों और अन्य जलकुंडों पर बने छठ घाट पर पटाखों की बिक्री और उन्हें जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी विजय मर्चेंट अंडर सिक्सटीन क्रिकेट प्रतियोगिता के मुकाबले में बिहार ने त्रिप्रा को एक पारी और एक सौ बीस रन से पराजित कर दिया है पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले गये मैच में जीत के साथ ही बिहार को एक बोनस अंक के साथ कुल सात अंक मिले हैं जीविका परियोजना की राज्य परियोजना प्रबंधक अर्चना तिवारी का दिल का दौरा पडने से आज पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वे पैंतालीस वर्ष की थी उनके निधन पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने गहरा द्ख व्यक्त किया है शेखपुरा नगर क्षेत्र के कमिशनरी बाजार की पांच बर्षीय बच्ची की डेंगू के कारण इलाज के दौरान मौत हो गयी डेंगू से पीड़ित होने के बाद उसका इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा था आज उसकी मृत्यु हो गयी अरवल जिले में जन वितरण प्रणाली में अनियमितता के आरोप में दो पीडीएस द्रकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है भोजपुर के जिलाधिकारी संजीव कुमार ने मतदाता जागरूकता के लिये रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया वहीं जिले में वाहनों में ओवर लोडिंग के खिलाफ चलाये गये अभियान के तहत इक्कीस लाख से ज्यादा की राशि जुर्माने के तौर पर वसूली गयी शेखपुरा जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्कूली बच्चों के लिये पेंटिंग और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

राज्य के प्रत्येक प्रमंडल में हर उम्र के लोगों के लिये आश्रय गृह बनाये जायेंगे